यह नीतिगत बदलाव व्यापार को सुगम बनाने और कर्मचारियों को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार विधेयक के माध्यम से लाएगी नए नियमों में नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारिश्रमिक पर श्रम संहिता को मंजूरी दी थी जिसमें न्यूनतम दिहाड़ी और समय पर भुगतान करने के प्रावधान किए गए हैं मंत्रिमंडल पॉक्सो अधिनियम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए संबंधित पॉक्सो अधिनियम दो हजार बारह में संशोधन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड सहित कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून में इस संशोधन से बच्चों के यौन शोषण में कमी आएगी विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है पांचवी विधानसभा का यह दूसरा सत्र होगा उन्नीस जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी इस दौरान कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों भीमा मंडावी और बलराम सिंह ठाकुर को श्रद्वांजलि अर्पित की जाएगी

मानसून सत्र में सदस्यों द्वारा कुल नौ सौ छियालीस सवाल लगाए गए हैं इनमें चार सौ इंक्यानवे तारांकित और चार सौ इंक्यावन अतारांकित हैं विधानसभा सचिवालय को इस सत्र के लिए चौहत्तर ध्यानाकर्षण सूचनाओं के अलावा शून्यकाल की दस स्थगन और काम रोको प्रस्ताव की आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं विधानसभा में कल सुबह दस बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी जिसमें अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी वहीं आज शाम मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है जिसमें मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इधर प्रमुख विपक्षी पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सरकार के बीते छह महीने के कामकाज को लेकर उसे घेरने की रणनीति बनाई है प्रसार भारती समझौता प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टेक्नोलॉजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पती और आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हो जायेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होगी स्वास्थ्य मंत्री लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में एचआईव्ही वायरल लोड टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया इस मशीन के लगने से अब एचआईव्ही संक्रमित लोगों की जांच रायपुर में ही निःशुल्क की जाएगी साथ ही चिकित्सक मरीजों के शरीर में दवाइयों के असर के बारे में भी जान सकेंगे इसके पहले जांच के लिए ब्लड सेंपल मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में भेजना पड़ता था कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया उन्होंने उम्मीद जताई कि रोटा वायरस वैक्सीन से प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी

उन्नीस सौ नवासी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन संचालन समिति ने आज ही के दिन इस दिवस की घोषणा की थी यह दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है इधर प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में राज्य स्तरीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरूआत की गई चौबीस जुलाई तक मनाए जाने वाले इस पखवाड़े के दौरान छोटे परिवार की महत्ता बताने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके साथ ही परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी उपायों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा साथ ही सभी विकासखंडों में सास बहू सम्मेलन और मोबाइल वैन के माध्यम से परिवार नियोजन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा स्वीप प्रशिक्षण रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कल चुनावी साक्षरता क्लब से जुड़े लोगों के लिए राज्य स्तरीय चुनाव पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को खेल खेल में मतदान के प्रति जागरूक करने के तरीके बताए गए साथ ही मास्टर टेनर्स ने अभिनय के जरिये ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों से जुड़ी जानकारी दी इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर केआरआर सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि चुनावी साक्षरता क्लब का गठन विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा इसमें लोगों को मास्टर टेनर्स प्रशिक्षित करेंगे रेलवे अभियान रेलवे सुरक्षा बल ने अनाधिकृत बोतल बंद पेयजल की बिक्री रोकने के लिए देशभर में प्यास अभियान की शुरूआत की है अभियान के तहत अनाधिकृत ब्रांड के बोतल बंद पेयजल की बिक्री के लिए एक हजार तीन सौ इकहत्तर लोगों को गिरफ्तार किया गया है

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देश पर आठ और नौ जुलाई को इस अभियान की शुरूआत की गई यह अभियान सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया कृषि विवि कार्यशाला सिंचाई जल के उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें देशभर के सिंचाई जल प्रबंधन परियोजना से जुड़े छत्तीस केन्द्रों के मुख्य वैज्ञानिक शामिल हुए इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल की कमी से बचने जल के प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे पर्यावरण बचा रहे और कृषि उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हो श्री पाटील ने अनुसंधान परियोजनाओं को माइक्रो प्लानिंग और कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़ने की भी जरूरत बताई यह कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर की ओर से आयोजित की गई थी केंद्रीय सचिव जल संवर्धन भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत इन दिनों जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविन्द्र अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित कलेक्टोरेट परिसर में अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने पंद्रह सितंबर तक स्थानीय लोगों की सहभागिता के जरिये भू जल और सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान संचालित करने की बात कही संक्षिप्त समाचार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कल से तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे वे कल रायपुर स्थित राजीव भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल गर्ग सदस्यता अभियान संगठन महापर्व के प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बारहवीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले पुलिस परिवार के उनतालीस छात्रों और पालकों को सम्मानित किया बिलासपुर रेलमंडल में आज रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में पथराव की घटना को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई पेयजल औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है इस प्रारूप पर आम नागरिकों से सुझाव आगामी उन्नीस जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं गरियाबंद जिले में चौबीस पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं इनमें चार थाना प्रभारी शामिल हैं